विशव सवास्थय संगठन कोरोना वायरस को पहले ही महामारी घोषित कर च्का है गृह मंत्रालय ने राज्य के म्ख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद पर होने वाला खर्च राज्य आपदा राहत कोष वहन करेगा उपकरणों पर होने वाला खर्च राज्य आपदा राहत कोष के लिए वार्षिक आवंटित राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए मरीजों को अलग थलग रखे जाने के लिए बनाये जाने वाले वार्ड की संख्या और उनकी अवधि इन कैमपों में रखे जाने वाले लोगों की संख्या और अवधि नमुनों की जांच तथा सक्रीनिंग जैसे उपायों के बारे में राजय कार्यकारी समिति निर्णय लेगी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

वे कल ऋषिकेश में अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स के द्सरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे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

भारत की अरुणाचल प्रदेश में म्यांमा के साथ पांच सौ किलोमीटर से अधिक की अंतरराष्ट्रीय सीमा है राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर विदेशियों को दिये जाने वाले संरक्षित क्षेत्र परमिट भी संथगति कर दिये हैं

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने छह जिलों में संगरोध स्विधाओं की स्थापना की है और टोमो रीबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान पासीघाट सामान्य अस्पताल और राज्य के सभी जिला और सामान्य अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों की स्क्रीनिंग नाहरलाग्न रेलवे स्टेशन और पासीघाट हवाई अड्डे पर की जा रही है

राज्य के ग्रामीण निर्माण और विकास मंत्री होनच्न नंदम ने कल उद्घाटन सत्र में कहा कि अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत की क्षमता और संसाधनों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में दी गई प्रस्तुतियां सरकार के लिए नीतिगत दस्तावेज के रूप में काम करेंगी

लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल होने से बचने को कहा गया है लोगों से कहा गया है कि खांसी और ब्खार होने की स्थिति में वे अन्य लोगों के निकट संपर्क में नहीं आएं हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आखें नाक या चेहरा न छूने को कहा गया है साब्न और पानी से हाथ अच्छी तरह धोने या अल्कोहल य्क्त सेनिटाइजर से साफ करने तथा खांसते और छींकते समय रूमाल या टिशू पेपर के उपयोग का परामर्श दिया गया है इस़तेमाल किए गए टिश् पेपर बंद डस़्टबिन में फेंके जाएं खांसी ब्खार के साथ सांस लेने में दिक्कत होने पर त्रंत चिकित्सक से परामर्श लिया जाए डॉक्टर के पास जाते समय मासक लगाया जाए या चेहरे और नाक को कपड़े से ढक कर रखा जाए

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं